और आज से सावन का पवित्र महीना शुरू

प्रदेश के बारह जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है सीतामढ़ी मधुबनी कटिहार पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जिलों के कुछ और इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है राज्य में बाढ़ से लगभग सताईस लाख लोग प्रभावित हुए हैं अब तक बाढ़ के कारण राज्य में बयालीस लोगों की मौत की खबर है एक लाख बारह हजार लोगों को जलमग्न क्षेत्रों से बाहर निकाला गया है लगभग नौ सौ सामुदायिक रसोई घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खोले गये हैं जहां लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है राहत शिविरों में लोगों के लिये स्वास्थ्य जांच की सुविधा दवाओं और टीके की व्यवस्था की गयी है प्रभावित क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाओं के मददेनजर इसकी दवा उपलब्ध करायी गयी है जिन क्षेत्रों में लोगों को बाहर निकालने में कठिनाई हो रही है वहां स्वास्थ्य विभाग बोट एम्बुलेंस की तैनाती कर रहा है इस पर एक चिकित्सक और दो पैरा मेडिकल स्टाफ भेजे जायेंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि मुजफ्फरपुर में औराई कटरा और बंदरा प्रखंडों में बूढ़ी गंडक और लखनदेई नदी में उफान के कारण कई नये क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जबकि किनारे बसे गांवों में तेज कटाव हो रहा है बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बंदरा प्रखंड के दो सौ घर बाढ़ से घिर गये हैं औराई और कटरा प्रखंड में लखनदेई नदी में उफान के कारण बड़ी संख्या में लोगों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ रही है इधर गायघाट प्रखंड में भी बाढ़ की भीषण समस्या बनी हुई है सीतामढ़ी शहर में लखनदेई नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी आवासीय इलाकों में फैला हुआ है शहर में तटबंध के पास बने कई मकान गिरने के कगार पर पहुंच गये हैं शहर के राम पदारथ नगर में एक तीन मंजिला इमारत बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गयी जिला प्रशासन ने नदी के किनारे बने मकानों और दुकानों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं हमारे समस्तीपुर संवाददाता ने बताया है कि बागमती कोसी और करेह नदियों के जलस्तर में वृद्धि से जिले के कल्याणपुर और बिथान प्रखंड के दस से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है बिथान प्रखंड के नेरपा बेलसंडी और बेलसंडी कोराही पथ पर करेह नदी का पानी आ जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया है मधुबनी दरभंगा और कटिहार जिले में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में धौंस नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बेनीपट्टी उचैठ बाईपास पर जल भराव हो गया है दरभंगा में हनुमान नगर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है कटिहार के दंडखोरा प्रखंड के भमरैली गांव में आज बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाये हुए है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि बाढ प्रभावित क्षेत्रों में उन्नेस जुलाई से राहत सहायता का वितरण किया जायेगा

पटना राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान छत्तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई बिहपुर में चार सेंटीमीटर ढेंगरा घाट में तीन जबकि सुपौल मधेपुरा बलतारा निर्मली उदाकिशुनगंज और खगड़िया में दो दो सेंटीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी है इधर राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने कहा है कि जल्द ही एक बार फिर मॉनसून सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना है जिसके कारण राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक दो हजार उन्नीस को संसद में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस निर्णय से देश में विशेष बांधों के लिए सुरक्षा प्रक्रिया में समानता का मार्ग प्रशस्त होगा इस विधेयक के पारित होने पर पांच हजार छह सौ से अधिक बांधों पर इसका असर पड़ेगा क्योंकि अब ये बांध समान सुरक्षा नियमों के अधीन आ जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सोलह में से पंद्रह न्यायाधीशों ने पाकिस्तान की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि पाकिस्तान ने इस मामले में वियना संधि का उल्लंघन किया है पाकिस्तान को कूलभूषण की सजा पर फिर से विचार करने को कहा गया है गौरतलब है कि भारत ने कुलभूषण जाधव को बेगुनाह साबित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास जारी रखा है राज्य के किसानों से धोखाधड़ी कर उनके बीच घटिया बीज के वितरण करने के कारण सात बीज कंपनियों पर रोक लगा दी गयी है कृषि विभाग के निदेशक आदेश तितरमारे के निर्देश के बाद ऐसी सात कंपनियों की पहचान कर उनके द्वारा राज्य में बीज की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इन कंपनियों पर एक ही मोल्यूकुलर डाटा का उपयोग कर अलग अलग नामों से धान मक्का और बाजरा के बीज किसानों को बेचे जाने का आरोप है इस संबंध में इन बीज कंपनियों से तीस जून दो हजार उन्नीस तक स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन इन्होंने न बीजों में त्रुटि को दूर किया और न ही कोई जवाब दिया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके आनूषांगिक संगठनों की निगरानी के लिये विशेष शाखा के अधीक्षक द्वारा लिखे पत्र पर विवाद के बाद विभाग के एडीजी जेएस गंगवार ने सफाई दी है पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर इनपुट के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने अपने स्तर पर पत्र जारी किया था उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी गयी थी उन्होंने कहा कि जारी पत्र की जांच की जायेगी और दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी इधर इस मामले में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि संघ से जुड़े लोगों की जानकारी एकत्र करने के लिये परिपत्र नहीं लिखा गया है ये किसी शरारती तत्व का काम है और उन्हें बख्शा नहीं जायेगा भागलपुर जिला प्रशासन ने चौदह वर्षीय बालक कृष राज की इच्छा मृत्यू के लिये अनुमति मांगने के मामले में जांच पड़ताल की जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि कृष की काउंसलिंग करायी जा रही है उन्होंने कहा कि कहलगांव के अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक को बच्चे की सुरक्षा के हालात की समय समय पर समीक्षा करने को कहा गया है गौरतलब है कि कृष ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को पैसों की लेनदेन से जुड़ी सेवा आईएमपीएस एक अगस्त से मुफ्त उपलब्ध करायेगा बैंक के अधिकारी ने बताया कि अभी तक आईएमपीएस के तहत इंटरनेट बैंकिंग और मोबाईल बैंकिंग के लिये ग्राहकों से शुल्क लिया जाता है जो एक अगस्त से समाप्त हो जायेगा ग्राहक इन सेवाओं का प्रयोग बिना किसी शुल्क के कर सकेंगे आज से पवित्र माह सावन की शुरूआत हो गयी है सावन के पहले दिन आज राज्य के विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखी जा रही है इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवरिया उत्तरवाहिनी गंगा का जल उठाने के लिये पहुंच रहे हैं श्रावणी मेले को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं सुल्तानगंज से जल लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम जाते हैं गोपालगंज के थावे मंदिर में बाबाधाम जाने वाले श्रद्दालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है श्रद्दालु मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वैद्यनाथ धाम की कांवर यात्रा के लिये प्रस्थान करेंगे पूर्वी चंपारण के प्रसिद्व अरेराज और मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्दालुओं की भीड़ उमड़ रही है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश के बारह जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर

और आज से सावन का पवित्र महीना शुरू